प्रधानमंत्री आवास योजना में झारखंड का प्रदर्शन बेहतर रहा देश के सभी राज्यों में अव्वल स्थान मिला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

उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए अगली तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी आगामी प्रतियोगिता और बोर्ड परीक्षाओं के बारे में देशभर के अध्यापकों से वर्चअल माध्यम से संवाद करते हुए कल श्री पोखरियाल ने यह बात कही

राज्य के सरकारी हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों में इस बार सर्दी की छूटियां नहीं होंगी किसमस पर केवल एक दिन अवकाश रहेगा इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है उन्होंने सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से स्कूल आने और स्कूल परिसर से ही ई विद्यावाहिनी के जरिए ऑनलाईन हाजिरी बनाने का भी निर्देश दिया है कोरोना वायरस संकमण के मद्देनजर पिछले नौ माह से लगातार स्कूलों के बंद रहने के कारण अवकाष कम किए गए हैं सिमडेगा जिले में लॉकडाउन के बाद अब दसवीं व बारहवीं कक्षा के विधार्थियों के लिए स्कूल खुल गए हैं सरकार ने कहा है कि सितंबर के मध्य से देश में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या निरंतर कम हो रही है

श्री भूषण ने कहा कि कई देशों में प्रति दस लाख आबादी पर पचास हजार से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है लेकिन भारत में प्रति दस लाख की आबादी पर संक्रमण की दर विश्व में सबसे कम है स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि देश में पिछले सात सप्ताहों में संक्रमित लोगों की दैनिक औसतन संख्या में लगातार गिरावट देखी गई है

राज्य में पिछले चौबीस घंटे में दो सौ नौ नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले है

राज्य में कल संकमण की वजह से तीन लोगों की मौत भी हो गई वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर संतानब्बे दशमलव छह छह प्रतिशत तक जा पहुंची है स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक एक लाख दस हजार सात सौ अंठावन लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले समूह में स्वास्थ्य कर्मी शामिल किए गए हैं क्योंकि उनके सामने संक्रमण का सबसे बड़ा जोखिम है और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए उनकी सुरक्षा जरूरी है

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोरोना वायरस के नये स्वरूप और उसके घातक होने का पता चलने के बाद वैश्विक चिंताओं के मद्देनजर कल इसका निर्णय लिया

केन्द्र सरकार ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने के मद्देनजर मानव संचालन प्रक्रिया एस पी ओ जारी की है

झारखंड ने प्रधानमंत्री आवास योजना में बेहतर काम किया है झारखंड को देश के सभी राज्यों में अव्वल स्थान मिला है

वहीं तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि कानूनों से किसानों को फायदा पहुंचेगा और कृषि क्षेत्र मजबूत होगा उन्होंने फिर कहा कि किसानों के हित में सुधार किये गये हैं और ये भारतीय क्रषि जगत में एक नया अध्याय जोड़गा कृषि कानून को कृषि क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा सुधार बताते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि इससे किसानों को अपनी उपज को बेचने की आजादी होगी उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा कल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है जिसमें किसानों को अपने उत्पादन की लागत का कम से कम डेढ़ गुना ज्यादा फायदा होगा उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा

झारखंड पुलिस को उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में लगातार दूसरे दिन भी बड़ी कामयाबी मिली है रांची पुलिस ने कल को नगड़ी में हुई मुठभेड़ में पीएलएफआई के एरिया कमांडर पुनई उरांव को मार गिराया पुनई उरांव पर रंगदारी लेवी वसूली सहित कई मामले विभिन्न थानों में दर्ज थे राज्य सरकार ने उस पर दो लाख रूपये का इनाम भी घोषित किया था

रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र के कासमबुरूडीह के निकट जंगल में हाथियों के एक झुंड ने युवक को कुचलकर मार डाला

दैनिक हिंदुस्तान ने पीएलएफआई के उग्रवादियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ को लेकर सुर्खी बनाई है दूसरे दिन नगड़ी में मुठभेड़ इनामी ढ़ेर दैनिक जागरण की पहली खबर है ब्रिटेन से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर सरकार की नजर रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा नये साल सरकार की गतिविधियां होंगी तेज को पहली खबर बनाया है द टाइम्स ऑफ इंडिया ने किसान संगठनों द्वारा सरकार के साथ वार्ता करने पर आज निर्णय लेने की खबर को पहली सुखी बनईा है